मतदान के बाद भाजपा और कांग्रेस ने राज्य में जीत के दावे किए हैं

दूसरी ओर अपर मुख निर्वाचन अधिकारी अरुण कुमार तोमर ने बताया कि स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के लिए व्यापक व्यवस्था की गई थी

धार जिले की बदनावर सीट पर सबसे अधिक मतदान हुआ

वहीं बिहार विधानसभा चनाव के दसरे चरण के लिए भी कल मतदान हुआ

उधर कर्नाटक में सिरा और आर आर नगर विधानसभा सीटों के उपचुनाव के लिए मतदान कल शांतिपूर्वक सम्पन्न हो गया

इस समय संक्रमित होने की दर सात दशमलव चार प्रतिशत है साप्ताहिक संक्रमण की दर चार दशमलव चार प्रतिशत जबकि दैनिक संक्रमण की दर तीन दशमलव सात प्रतिशत है

कई दिनों के बाद प्रदेश के पांच जिलों में कोई भी नया संक्रमित मरीज नहीं मिला है

मौसम प्रदेश के अधिकांश जिलों में इस माह की शुरूआत से ही तेज ठंड पड़ने लगी है देश के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों से आ रही सूखी ठंडी हवाओं की वजह से मौसम में यह बदलाव आ रहा है अधिकांश जिलों में न्यूनतम तापमान में काफी गिरावट आई है कई जिलों में तापमान सामान्य से काफी कम रिकार्ड किया जा रहा है ग्वालियर संभाग के कई जिलों में तापमान सामान्य से बहत कम तो वहीं रीवा सागर होशंगाबाद उज्जैन और भोपाल संभाग के कई जिलों में सामान्य से कुछ कम तापमान रहा है

करवाचौथ आज अश्विनी कृष्णपक्ष की चतुर्थी तिथि को करवाचौथ पर्व के रूप में मनाया जा रहा है लोक मान्यता अनुसार पति की लंबी आयु की कामना के साथ महिलाए दिनभर निर्जला व्रत रखती है और रात्रि में चन्द्रदर्शन के बाद चन्द्रमा को भिट्टी के बने करवा से अर्घ्य देकर वे अपना उपवास खोलेंगी ये पर्व उत्तरभारत में विशेरू रूप से मनाया जाता है देश के अन्य हिस्सों में भी इस पर्व को महिलाए धार्मिक उत्साह के साथ मनाती है आईपीएल आईपीएल क्रिकेट में कल शारजाह में सनराइजर्स हैदराबाद ने मुम्बई इंडियन्स को दस विकेट से हरा कर प्लेऑफ में स्थान पक्का कर लिया है

आज प्लेऑफ के पहले मैच में मुम्बई इंडियन्स का मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स से होगा